छत्तीसगढ में एक सप्ताह में कोविड के करीब छह दशमलव दो प्रतिशत नए मामले बढ़े हैं जबकि उत्तरप्रदेश में रोजाना उन्नीस दशमलव दो पांच प्रतिशत की दर से नए मामले सामने आए हैं बैठक में अस्पतालों में आईसीयू और ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की कमी से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई राज्यों को सलाह दी गई है कि वे आइसोलेशन वाले बिस्तरों ऑक्सीाजन के साथ वाले बिस्तरों वेंटीलेटर्स आईसीयू बिस्तरों और एंबुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था करें इन राज्यों से कहा गया है कि वे सक्रिय मामलों की पहचान कर उपचार संबंधी राष्ट्रीय नियमों का पालन करके मुत्युदर कम करने पर ध्यान दें बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि दोनों ही राज्यों से कहा गया है कि वे सभी जिलों में कम से कम सत्तर प्रतिशत आरटी पीसीआर जांच में बढ़ोतरी करें और भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्क्रीनिंग जांच के तौर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तोमाल करें इन राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समय पर संक्रमितों की पहचान उसकी चिकित्सा और निगरानी संबंधी गतिविधियों को बढाएं

बैठक में श्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्यता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है उन्होंने कोविड संक्रमण में वृद्धि वाले राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और भविष्य में ऑक्सीजन की मांग की भी विस्तृत समीक्षा की इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में एक सौ नए अस्पतालों के पास प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता और राहत पीएम केयर्स कोष के अंतर्गत अपने ऑक्सीजन संयंत्र होंगे इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है राज्य में प्रतिदिन तीन सौ छियासी मिट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन गैस का उत्पादन हो रहा है जबकि वर्तमान में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले करीब छह हजार मरीजों के लिए प्रतिदिन करीब एक सौ ग्यारह मिट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत पड रही है इस बीच राज्य सरकार ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति और इसके समन्वय के लिए डॉक्टर तंबोली अय्याज को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है केन्द्र जागरूकता केन्द्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लोगों द्वारा घबराहट में जरूरत की वस्तुओं की खरीद की चिंता दूर करने के लिए प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मुद्दों पर ग्राहकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी तैयार करने को कहा गया है जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन उनकी समस्या का समाधान कर सके राज्यों से कहा गया है कि वे किराने की दुकानों दवा की दुकानों और किराने के भंडारों को पाबंदियों से अलग रखें ताकि कोविड नाइंटीन की मौजूदा स्थिति में आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके यह भी कहा गया है कि लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित दाम पर मिलें यह सुनिश्चित किया जाए हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है हालांकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है श्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार चिकित्सा ढांचे में लगातार सुधार कर रही है डॉक्टर हर्षवर्धन कल उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं देश में रेमडेसिविर की कमी के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने विनिर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने को कहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों के प्रवर्तन प्राधिकरणों और औषध नियंत्रकों से रेमडेसिविर की कालाबाजारी जमाखोरी और ज्यादा कीमत वसूलने पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इन्सट्रक्शन दी गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अनहोल्डिंग कर रहा है या कोई कालाबाजारी कर रहा है पेशेंट को एक्सप्लॉइड कर रहा है तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको देनी चाहिए

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में सत्ताईस लाख तीस हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण जोरशोर से जारी है कल राज्य में एक लाख बीस हजार से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया इस बीच आज कोविशील्ड की चार लाख और को वैक्सीन की दो लाख डोज छत्तीसगढ़ पहुंची है राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि इन टीकों का वितरण विभिन्न जिलों और अस्पतालों में किया जा रहा है

इसे मिलाकर अब तक प्रदेश के बीस जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है बीजापुर में आज से लागू लॉकडाउन छब्बीस अप्रैल की सुबह छह बजे तक रहेगा इस दौरान बीजापुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी लॉकडाउन में सिर्फ मेडिकल दुकानों और पेट्रोल पम्पों को ही निर्धारित समय में खोलने की अनुमति रहेगी वहीं दंतेवाड़ा जिले में अट्ठारह अप्रैल से लॉकडाउन लगाया जाएगा उधर बस्तर जिले में कल से लागू लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने कल शाम जगदलपुर में फ्लैग मार्च निकाला इस बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण के निर्देश जारी कर दिए हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकान संचालक कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ राशन वितरण कर सकेगा साथ ही हितग्राहियों को खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्नों के परिवहन भंडारण वितरण लोडिंग अनलोडिंग और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से करने को कहा गया है इधर कोरिया जिले में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के तहत जिले के संस्थान और दुकानों को कुछ शर्तो के साथ खोलने की अनुमति दी गई है इसके अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान फल सब्जी किराना राशन दुकान आटा चक्की और मिल्क पार्लर को सुबह छह से दस बजे तक खोलने और सामग्री विक्रय करने की अनुमति होगी वहीं पोस्ट ऑफिस और बैंकों में कामकाज सुबह दस से दोपहर दो बजे तक किया जा सकेगा

जबकि होटल रेस्टॉरेंट और ढाबों को सुबह आठ से रात दस बजे तक खोलने की अनुमति होगी लेकिन वहां बैठकर भोजन करने की छूट नहीं होगी इसके अलावा जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में पचास प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे इसके लिए रोस्टर तैयार किया जाएगा

राज्य में कल कोरोना संक्रमण के पंद्रह हजार दो सौ छप्पन नये मामले सामने आए इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पांच लाख एक हजार से अधिक हो गई वर्तमान में एक लाख इक्कीस हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है वहीं कोरोना संक्रमण से कल एक सौ पांच लोगों की भी मौत हुई है इधर धमतरी जिले की भाजपा नेत्री और मगरलोड जनपद पंचायत की पूर्व सभापति संतोषी साहू की आज कोरोना संक्रमण से मौत हो गई वहीं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कोरबा जिला महामंत्री डॉक्टर महेन्द्र तेंदुवे का भी कोरोना संक्रमण से निधन हो गया उधर जांजगीर चांपा जिले के दो गांव सत्तीगुड़ी और नवागांव कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है सत्तीगुड़ी में अब तक एक सौ पैंतीस मरीज मिले हैं जबकि नवागांव में बावन कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल तथा उनकी पत्नी शशि अग्रवाल की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है श्री अग्रवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है इस बीच राज्य में रोजाना सैंतालीस हजार से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा रही है पिछले महीने जांच की संख्या प्रतिदिन औसतन तीस हजार थी जो इस माह बढ़कर सैंतालीस हजार से अधिक हो गई है वहीं रायपुर जिले की सभी चार सौ सत्रह ग्राम पंचायतों में क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्था कर ली गई है इन सेंटरों में बाहर से आने वाले श्रमिकों तथा नागरिकों के रूकने और ठहरने के साथ ही पेयजल सूखा राशन बिजली सुरक्षा और शौचालय की व्यवस्था की गई है

इसी कड़ी में राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के पचास प्रतिशत बिस्तर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया था इसके तहत रायपुर जिले के निजी अस्पतालों के साढ़े पांच हजार से अधिक बिस्तर में से साढ़े तीन हजार से अधिक बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है इसी तरह दुर्ग जिले के निजी अस्पतालों के पंद्रह सौ से अधिक बिस्तरों में से नौ सौ बहत्तर बिस्तर और बिलासपुर जिले के तीन सौ पचपन में से दो सौ पचयासी बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित हैं इस बीच रायपुर सांसद सुनील सोनी ने बलौदाबाजार में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना से उत्पन्न ताजा स्थितियों की समीक्षा की बैठक में श्री सोनी ने एंबुलेंस की मांग को तत्काल मंजूरी दी और सांसद निधि से बीस लाख रूपये जिला प्रशासन को प्रदान किए इसी तरह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने कबीरधाम जिले में कोविड अस्पताल आइसोलेशन केन्द्र और जम्बो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सांसद मद से पांच लाख रूपये की राशि देने की अनुशंसा की है उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर को पत्र भी सौंप दिया है इससे पहले श्री पांडेय ने आवश्यक उपकरण खरीदी के लिए तेरह लाख रूपये दिए थे उधर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल ने बिलासपुर में आरटी पीसीआर जांच की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक आरटी पीसीआर मशीन और दो डीपफीजर देने की घोषणा की है इसके लिए सी एसआर मद से बत्तीस लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है

इधर रायपुर जिले में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं इसके तहत जिले के फुंडहर धरसीवां और तिल्दा में नये कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि इन कोविड सेंटरों में दो सौ दस और पचास पचास बिस्तरों की व्यवस्था की गई है इनके शुरू होने से रायपुर जिले में तीन सौ दस बिस्तरों की संख्या और बढ़ गई है इनमें पचयासी ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की संख्या भी शामिल हैं उधर महासमुंद जिले के विकासखंड मुख्यालयों में सौ सौ बिस्तर का कोविड केयर सेंटर बनाने का कार्य भी पूर्णता की ओर है कुछ दिनों में यहां भी मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेंगी जिले के शासकीय और निजी अस्पतालों में दो सौ सैंतीस ऑक्सीजन बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है वहीं धमतरी जिले में मेडिकल ऑक्सीजन का अस्पतालों में वितरण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है इसके लिए एक समिति गठित की गई है डिप्टी कलेक्टर डीसी बंजारे को कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है

उधर महासमुंद जिले के ग्राम कुम्हारीमुड़ा में ग्रामीणों ने गांव की गलियों में बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर दो सौ रूपये के अर्थदण्ड लगाने का फैसला लिया है यह पैसा ग्राम सुरक्षा समिति के फंड में जमा किया जाएगा माओवादी समाचार सुकमा जिले में माओवादियों ने आज सड़क निर्माण कार्य में लगे एक कर्मचारी की हत्या कर दी वहीं दो अन्य कर्मचारियों को अगवा कर लिया था जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया इस बीच माओवादियों ने इसी जिले के पोलमपल्ली क्षेत्र के गोरगुंडा पुनेमपारा के पास सड़क निर्माण कार्य में लगे एक ट्रैक्टर और टिप्पर में आग लगाने का प्रयास किया उधर दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने कटेकल्याण थाना क्षेत्र के टेटम और तुमकपाल के बीच पांच किलो वजनी आईईडी बरामद किया जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया वहीं बीजापुर जिले में डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के जंगल में तलाशी अभियान के दौरान एक माओवादी को गिरफ्तार किया है मानसून देश में इस वर्ष मानसून के दौरान वर्षा सामान्य रहेगी विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून से सितंबर तक सामान्य बारिश का अनुमान है उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा छियानवे से एक सौ चार प्रतिशत तक सामान्य रहने की संभावना है मौसम विभाग इस वर्ष मई के अंतिम सप्ताह में अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा